भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण अभी सामुदायिक स्तर पर नहीं पहुंचा है उन्होंने कहा कि भारत में इसका संक्रमण अभी चरण दो पर ही स्थिर है डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग जगहों से लिये गये पांच सौ नमूनों में से किसी में भी नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की बहत्तर प्रयोगशालाओं में इस वायरस के जांच की व्यवस्था है इनके अलावा सरकारी क्षेत्र की उनचास अन्य प्रयोगशालाओं को भी इस काम में जोड़ा गया है डॉक्टर भार्गव ने कहा कि परिषद दो ऐसी प्रयोगशालाएं भी स्थापित कर रहा है जिनमें प्रतिदिन चौदह सौ नमूनों की जांच की जा सकेगी ये प्रयोगशालाएं इस सप्ताह के अंत तक चालू हो जायेंगी राज्य के सभी जिलों में कोरोना वायरस से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं ताकि इस संकमण को फैलने से रोका जा सके उपायुक्तों द्वारा लागातार बैठकें कर रिथिति की समीक्षा की जा रही है इसके साथ ही सभी जिलों में आईसोलेषन वार्ड हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम काम करने लगे हैं जिला प्रषासन की ओर से जागरूकता कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं रामगढ़ जिले में लोगों को जागरूक करने के उददेष्य से एक नन्ही बच्ची द्वारा गाये गये गीत को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है

उन्होंने सदर अस्पताल में बने आईसोलेषन वार्ड और कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया इस दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन को कई महत्वपूर्ण दिषा निर्देष भी दिये हजारीबाग जिले में इस राष्ट्रीय महामारी की रोकथाम के लिए नगर निगम में आज एक बैठक आयोजित की गयी बैठक में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई एहतियाती कदम उठाने का निर्णय लिया गया उधर खुंटी जिले में भी सदर अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की विषेष निगरानी और चिकित्सा सुविधा के लिए आईसोलेषन वार्ड बनाये गये हैं सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताया कि आईसोलेषन वार्ड में मरीजों डॉक्टरों और नर्सों के लिए आवष्यक मास्क और अन्य उपकरण मंगाये गये हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए पष्चिमी सिंहभूम जिले में भी व्यापक तैयारियां की गयी है इस सिलसिले में जिले की चार अलग अलग जगहों पर आइसोलेषन वार्ड बनाये गये हैं उधर गढ़वा जिले में जर्मनी से लौटी एक युवती सहित तीन लोगों की कोरोना वायरस को लेकर जांच की गयी इन तीनों को अगले अठाईस दिनों तक चिकित्सकों की निगरानी में रहने की सलाह दी गयी है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

इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाईन नम्बर भी जारी किये हैं

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा

साथ ही हमारे ट्वीटर हैंडल पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों और जिम्मेदार अधिकारियों को कोरोना वायरस र्स संबंधित जारी दिषा निर्देषों का अनुपालन सुनिष्वित करने का निर्देष दिया है उन्होंने कहा है कि हम सबकी की जिम्मेदारी है कि कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाहों से बचें उन्होंने कहा कि हम सामाजिक सहयोग से इस संकमण की रोकथाम कर सकते हैं उन्होंने दोहराया कि कोरोना वायरस से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सजग और सचेत रहने की आवष्यकता है भारतीय जनता पार्टी ने अगले महीने तक किसी भी तरह के आन्दोलन या प्रदर्शन में भाग न लेने का फैसला लिया है

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर भाजपा सदस्यों ने हंगामा किया और वेल में आकर नारेबाजी की इस बीच विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने भाजपा विधायकों को आसन का सम्मान करने की कड़ी नसीहत दी इधर विधानसभा सदस्य सरयू राय ने पूर्व की रघुवर सरकार के कार्यकाल में पथ निर्माण विभाग में नियमों को ताक पर रखकर नई और अनुभवहीन कंपनी को काम देने का मामला उठाया इस पर विधायक प्रदीप यादव की ओर से भी रसूखदार नेता को वित्तीय लाभ पहुंचाने की बात सदन में कही गई पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री बादल की ओर से सदन को आश्वस्त किया गया कि इस मामले में विधानसभा की समिति से जांच कराई जाएगी रांची जिले के सुखदेव नगर थानों में पदस्थापित एक पुलिस पदाधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज तीन हजार रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है गिरफ्तार पुलिस पदाधिकारी का नाम मिथिलेश कुमार सिंह है और वह एएसआई के पद पर कार्यरत था

मौसम विज्ञान केन्द्र रांची ने अगले चार दिनों तक राज्य के कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ वजपात होने की संभावना व्यक्त की है

और अब संक्षिप्त खबरें विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मंत्रियों विधायकों और अधिकारियों के बीच मास्क का वितरण किया गया

पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है

कोरोना वायरस के फैलते संकमण के मद्देनजर पलामू सिविल कोर्ट को भी बंद कर दिया गया है इकतीस मार्च तक केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी खूंटी जिले में पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है